प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में ऐतिहासिक लालकिले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया और राष्ट्र को सम्बोधित किया

उन्होंने कहा कि अतीत में भारत की संस्कृति और परम्पराओं को जड से उखाडने के सभी प्रयास किये गये विस्तारवादी मानसिकता ने कई देशों को गुलाम बनाया किन्तु भंयकर युद्धों के बीच भी भारत ने अपने स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर नहीं होने दिया

श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार होगा उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीयों की योग्यता विश्वास और क्षमता पर पुरा भरोसा है श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब भारत की कृषि व्यवस्था पिछड़ी हुई थी और सबसे बड़ी चिन्ता थी कि देशवासियों को भोजन कैसे उपलब्ध कराया जाये प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत न केवल अपने लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहा है बल्कि दनिया के कई देशों को अनाज दे रहा है श्री मोदी ने कहा कि भारत को विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा

श्री मोदी ने कहा आत्मानिर्भर भारत का अर्थ केवल आयात कम करना नहीं बल्कि कौशल रचनात्मंकता और योग्यता में वृद्धि करना है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और घरेल तथा वैश्विक बाजार में उत्पादन के लिए अपने व्यापक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए

उपराजधानी दमका में राज्यपाल द्रौपदी मुर्म और राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया द्रमका के पुलिस लाइन मैदान परेड की सलामी लेने के बाद राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य के विकास के लिए बहत काम करने होंगे उन्होंने कहा कि विकास और जनता के कल्याण की योजनाओं को तेजी लागू करने की कोशिश करनी होगी

वहीं राजधानी रांची में राज्यवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्राकृतिक खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड राज्य में विकास की असीम संभावनाएं हैं राज्य सरकार प्रदेष को सषक्त और विकसित राज्य बनाने की भरपूर कोषिष कर रही है राज्य भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मनाया गया जामताड़ा जिले के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली वहीं लोहरदगा जिले में बलदेव साह कॉलेज स्टेडियम में वित मंत्री रामेश्वर उरांव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया बोकारो के पुलिस लाइन में षिक्षामंत्री जगन्नाथ महतो ने झंडोत्तोलन किया पष्विम सिंहभुम जिले के पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने झंडोंत्तोलन करते हुए कोरोना योद्वाओं को सम्मानित किया चतरा जिले के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में श्रम नियोजन एवं प्रषिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली पाक्ड जिले के रानी ज्योर्तिमय स्टेडियम में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली गिरिडीह जिले में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह ध्रमधाम से मनाया गया जिले के उपायक्त राहल कमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अमित रेण ने परेड की सलामी ली गुमला जिले के परमवीर अलबर्टे एक्का स्टेडियम में जिले के उपायक्त षिषिर कमार सिन्हा ने झंडोत्तोलन किया

उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद र्न राष्ट्रीय ध्वज फहराया इसके पूर्व उन्होंने सुरक्षाबलों जिला पुलिस व एनसीसी के कैडेट्स के भव्य परेड का निरीक्षण किया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज शाम सात बजे आकाशवाणी रांची से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य की जनता के नाम संदेश का प्रसारण किया जाएगा इस कार्यक्रम को राज्य में स्थित सभी आकाशवाणी केंद्रों से रिले किया जाएगा मुख्यमंत्री के संदेश के ठीक बाद स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह पर आधारित समन्वित रेडियो रिपोर्ट का भी प्रसारण किया जाएगा मुख्यमंत्री के संदेश और विशेष रेडियो रिपोर्ट के कारण आकाशवाणी रांची से शाम सात बजे प्रसारित होनेवाला प्रादेशिक समाचार आज शाम छह बजकर चालीस मिनट पर होगा जबकि जिले में आजकल और समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम का प्रसारण स्थगित रहेगा

इसके साथ ही प्रदेश में कल मरीजों की संख्या बढकर बाइस हजार एक सौ पच्चीस हो गई है पिछले चौबीस घंटों में पंद्रह मरीजों की मौत भी हुई है वहीं पांच सौ पैसठ मरीज स्वस्थ भी हुए हैं राज्य में अब तक दो सौ चौबीस मरीजों की मौत हो चुकी है जबकि तेरह हजार छह सौ अठहतर मरीज स्वस्थ हो चुके हैं झारखंड में फिलहाल कोरोना के आठ हजार दो सौ तेइस सक्रिय मामले हैं कल राज्यभर में रिकॉर्ड उनतीस हजार सात सौ पंद्रह जांच हुए वहीं स्पेशल ड्राइव के तहत बीस हजार से अधिक रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का भी शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि यह मिशन देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति लायेगा और सभी भारतीयों को स्वास्थ्य पहचान पत्र मिलेंगे श्री मोदी ने कहा कि जांच रोग डॉक्टरों की ओर से बताई गयी दवाइयां जांच रिपोर्ट और संबंधित सुचना एक ही स्वास्थ्य पहचान पत्र पर दर्ज होगी श्री मोदी ने बताया कि भारत में कोरोना वायरस के तीन वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं और वैज्ञानिकों की स्वीकृति मिलने के बाद इनका उत्पादन शुरू हो जायेगा उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस का वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की योजना तैयार है

झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट कल जारी कर दिया है कृल छह सौ सैंतीस रिक्त पदों के लिए पीटी में पांच हजार पांच सौ पांच अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं इनमें पांच सौ ब्यालीस पद सिविल इंजीनियर के लिए है इसके लिए चार हजार पांच सौ छत्तीस अभ्यर्थी सफल हुए हैं जबकि मेकेनिकल इंजीनियर के पंचान्वे पदो के लिए पीटी में नौ सौ उन्हत्तर अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं आयोग द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभिक परीक्षा उन्नीस जनवरी को आयोजित की गयी थी शीघ्र ही कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया जाएगा